बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

शपथ ग्रहण समारोह कल होगा राज्यपाल फागू चौहान श्री कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इससे पूर्व नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया है पटना में एनडीए की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर वे राज्य में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिये तैयार हो गये हैं

बैठक में केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अलावा भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी बैठक में उपस्थित थे एनडीए के सभी चारों घटक दल भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों ने राज्य में नई सरकार के गठन के बारे में विचार विमर्श किया बैठक के बाद एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह और जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के साथ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे इससे पहले जनता दल यूनाईटेड हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने अपने अपने दल के नेता का चुनाव करने के लिए नव निर्वाचित विधायकों की बैठकें बुलाई थीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिये भाजपा में मंथन का दौर जारी है इससे पूर्व भाजपा विधायक दल की बैठक में तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है वहीं रेणु देवी को उपनेता बनाया गया है श्री मोदी ने ही तारकिशोर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव पेश किया एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार की ओर से चालीस वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्हें जितना प्राप्त हुआ है वो शायद ही किसी को मिला होगा उन्होंने कहा कि पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी देगी उसक वो निष्ठा से पालन करेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है अब तक लगभग दो लाख बीस हजार मरीज ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ चौदह लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है इस समय लगभग छह हजार मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर पिछले चौबीस घंटों में दो सौ सैंतालीस नये मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक नवासी नये मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है इस महामारी से प्रदेश में अब तक एक हजार एक सौ चौरासी लोगों की मौत हुई है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में बयालीस हजार से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या बयासी लाख से अधिक हो गई है इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख उनासी हजार है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकतालीस हजार से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में आठ लाख पांच हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई अब तक देश में संक्रमण के बारह करोड अड़तालीस लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी साउंड बाईट द्निया के अन्दर दो से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उसमें से थोड़े से क्लीनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेटिज में पहुंच गये हैं तीन चार हमारे भारत के हैं उसमें और उसमें से भी दो तो थर्ड फेज में पहुंच गये हैं और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा दो हजार इक्कीस तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी उन्होंने कहा कि मृत्युदर कम बनाये रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एस वी एस देव ने कहा है कि पिछले दो महीनों के दौरान हम लोगों ने सिद्व कर दिया है कि कोरोना वायरस से स्वयं को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है डॉक्टर देव ने कहा कि जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है साउंड बाईट अभी त्योहार का समय आ रहा है और ठंड का समय भी आ रहा है हम सबको थोड़ा ज्यादा सावधानी लेना होगा और मैं सबको यही प्रार्थना करता हूं कि तीन चीजें आप जरूर पालन करिए एक तो अपना मुंह और नाक को ढक कर रखिए मास्क या एक साफ कपड़ा चूज कर सकते हैं हाथ की सफाई जरूर रखिएगा सेनीटाइजर से या साफ पानी से साबुन से आप सफाई रखिएगा और भीडभाड़ इलाका में जाने से बचिए और जब भी जाएंगे कम से कम दो गज की दूर आप रखना आवश्यक है

केन्द्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पांच सौ गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले चार वर्षों तक दी जाएगी योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी संस्थान के कोच के स्तर खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेलकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी पहले चरण में ओलम्पिक की चौदह प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी कोरोना संक्रमण को देखते हये राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें लोगों को घरों में ही छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा करने की सलाह दी गई है गंगा सहित अन्य महत्वपूर्ण नदियों से पूजा के लिये जल लाने वाले छठ व्रतियों के लिये जरूरी व्यवस्था करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा इस अवसर पर किसी प्रकार का मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से छठ पूजा के दौरान अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिये मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जायेगी इसके साथ ही छोटे तालाबों में छठ घाटों पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को भी तैनात किया जायेगा गोवर्धन पूजा का त्योहार आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है इस अवसर पर पशुपालक गायों की पूजा करते हैं इसके साथ ही पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं पूर्व मध्य रेल ने त्यौहारों के मद्देनजर पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है इस्लामपुर नई दिल्ली पूजा स्पेशल कल आठ बजे नई दिल्ली से खुलेगी जबकि इस्लामपुर नई दिल्ली विशेष ट्रेन सोलह और सत्रह नवंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे नई दिल्ली के लिये रवाना होगी आनंद विहार से भागलपूर के लिये विशेष ट्रेन सत्रह नवंबर को रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट पर आनंद विहार से खुलेगी जबकि भागलपुर से आज और उन्नीस नवंबर को देर रात बारह बजकर बीस मिनट पर रवाना होगी बेगूसराय में दीपावली की रात पटाखों से अलग अलग स्थानों पर अगलगी की घटना में लाखों रूपये की संपत्ति जलकर राख हो गई बछवाड़ा के चमथा में आठ घरों और मूफस्सिल थाना के परना में दो अनाज गोदाम को आग से भीषण नूकसान हुआ इधर शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के पिंजरीबीघा गांव में पटाखे की चिंगारी से एक घर में आग लग गई इस घटना में डेढ़ लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई वहीं नालंदा जिला मुख्यालय के कल्याणपुर मोहल्ले में गैस सिलिंडर भरने के दौरान पटाखे की चिंगारी से सिलिंडर फट गया जिससे दो मकानों में आग लग गई बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काब् पाया इधर बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर पंचायत के गौरीपुर घोघा गांव में दो घरों में आग लगने से हजारों रूपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई भागलपुर से सहरसा जा रही एक यात्री बस विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर मुसहरी टोला के पास ट्रक से टकरा गई इस दुर्घटना में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर बेगूसराय में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नवादा आईबी रोड के पास सशस्त्र अपराधियों ने एक घर पर हमला कर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गोलीबारी में घायल चार अन्य लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुंगेर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक बाजार में कपड़े के एक गोदाम में भीषण आग लगने से करोड़ों के कीमती कपड़े जलकर नष्ट हो गए बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया लखीसराय थाना क्षेत्र के बिलौरी गांव में कोचिंग जाने के दौरान अपहृत इंटरमीडिएट छात्र राजीव कुमार को पुलिस ने अड़तालीस घंटे के अंदर वैशाली जिले के चकसिंगार दियारा से बरामद कर लिया है नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के ड्मरावां गांव में पुलिस ने साईबर अपराध के बड़े नेटवर्क का उद्भेदन किया है पुलिस ने इस मामले में सरगना सहित आठ अपराधियों को आंगनबाड़ी किसान भवन से गिरफ्तार किया है सदर एसडीपीओ शिब्ली नोमानी ने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है अररिया जिले के रामपुर स्थित त्रिशुलिया घाट के पास तीन अपराधियों ने एक व्यापारी से अंठानवे हजार रूपये लूट लिये रोहतास जिले के सासाराम में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने एक महिला समेत दो लोगों की हत्या कर दी